राज्यपाल ने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से भी निष्पक्षता बरतने की अपील की है राज्यपाल ने कहा है कि राष्ट्र की लोकतांत्रिक चुनाव पर निर्मित है और सभी भारतीय नागरिकों को मतदान की माध्यम से अपना नेता चूनने का संवैधानिक अधिकार हैं उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चूनाव में भागीदारी एक त्योहार होता है और इस त्योहार को मनाना मतदाताओं का नैतिक सामाजिक और व्यवहारिक कर्तव्य है उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक की बजाय पांच ईवीएम का मिलान मतदाता पुष्टि पर्ची वीवीपैट से कराने का निर्देश दिया है न्यायालय का यह आदेश इक्कीस विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से दायर उस याचिका पर आया है जिसमें उन्होंने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से कम से कम पचास फीसदी वीवीपैट मशीनों से निकली पर्चियों का मिलान ईवीएम से पड़े मतों से कराने के निर्देश देने का अनुरोध किया था याचिका कर्ताओं ने निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी एक ब्रथ पर वीवीपैट के मिलान के निर्वाचन आयोग के फैसले को भी चुनौती दी है इससे पहले निर्वाचन आयोग ने इस मांग को अव्यवहारिक करार देते हुए कहा था कि यदि ऐसा किया गया तों चुनाव परिणाम में कम से कम छह दिन की देरी हो सकती है इससे पहले प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पीठ ने आयोग से कहा था कि क्या हर विधानसभा क्षेत्र में सैंपल सर्वेक्षण को बढ़ाया जाना संभव है वीवीपैट द्वारा बनाई गई एक कागज की पर्ची है जिसमें मतदाता जिस पार्टी को वोट देता है उसका मिलान ईवीएम से किया जाता है इसे भविष्य के विवाद की स्थिति में ही खोलने के लिए सीलबंद लिफाफे में रखा जाता हैं जनता दल यूनाईटेड जेडीयू ने अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है

उन्होंने रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए औद्योगिक इकाईयां लगाने और किसानों मजदूरों के बेहतर भविष्य के लिए भी पार्टी की प्रतिबद्धता व्यक्त की

अपने आदेश में आयोग ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी से कहा है कि वे आचार संहिता लागू होने के बाद हुई इस घटना पर भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज करे कुछ दिनों पहले अरुणाचल प्रदेश में ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में एक गेस्ट हाउस के पास पार्क की गई दो गाड़ियों में से एक करोड़ अस्सी लाख रुपये बरामद किए थे

राज्य के विशेष व्यव पर्यवेक्षक डी डी गोयल ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी हितधारको से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए टीम भावनाओ से कार्य करने को कहा हैं उन्होंने कहा है कि किसी भी स्थिति में धनबल से चुनाव प्रभावित नहीं होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने अरुणाचल प्रदेश कैथोलिक एसोसियेशन ईटानगर के महासचिव को कारण बताओं नोटिस जारी किया है उनपर सोशल मीडिया पर अपने अनुयायियों से एक विशेष उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने की अपील करने का आरोप है कैथोलिक एसोसियेशन के महासचिव ने कल शाम क्षमा मांगते हुए कहा कि उनका उद्देश्य किसी विशेष उम्मीदवार के लिए प्रचार करना नहीं बल्कि शांतिपूर्ण मतदान का अनुरोध करना था इससे पहले विशेष उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने के लिए बिल्कुल इसी तरह का निर्देश अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च काउंसिल की ओर से भी जारी किया गया था चुनाव आयोग के नोटिस के बाद क्षमा मांगते हुए यह अनुरोध हटा लिया गया था

उन्होंने ऐसी किसी अपील से बचने की सलाह दी